राष्ट्र आज सत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है मुख्य समारोह राजधानी दिल्ली के राजपथ पर हो रहा है जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड की सलामी लेंगे स्कूली बच्चों की प्रस्तुति समेत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की झांकियां विशेष आकर्षण रहेंगी परेड में सोलह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा छह केंद्रीय मंत्रालयों की झांकियां निकाली जाएंगी आकाशवाणी पर सुबह नौ बजकर चौदह मिनट से राजपथ से आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा आकाशवाणी के राजधानी चैनल पर रात आठ बजकर पंद्रह मिनट पर विशेष न्यूज रील प्रसारित की जाएगी इधर राजधानी पटना में गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जा रहा है जहां राज्यपाल लालजी टंडन अब से थोड़ी देर बाद नौ बजे झंडोत्तोलन करेंगे पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि समारोह में सेना और अर्द्वसैनिक बल की बीस परेड ट्रकड़ियां तिरंगे को सलामी देंगी सोलह सरकारी विभागों द्वारा विभिन्न विषयों पर झांकियों का प्रदर्शन भी किया जायेगा उन्होंने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जोर देकर कहा है कि भारत सभी समूहों समुदायों धर्मों पहचानों और व्यक्तियों का है क्योंकि बहुलवाद इसकी सबसे बड़ी ताकत और विश्व के लिए उदाहरण है उन्होंने कहा कि भारतीय मॉडल विविधता लोकतंत्र और विकास पर आधारित है और देश किसी एक को दूसरे से अधिक महत्व नहीं दे सकता है

विकास के अवसर सभी को समान रूप से मिलें इस सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं देश के संसाधनों पर हम सभी का बराबर का हक है भारत की बहुलता हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी डायवर्सिटी डेमोक्रेसी और डेवलप्मेन्ट पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है राष्ट्रपति ने सामान्य श्रेणी के गरीब परिवार के प्रतिभावान बच्चों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हाल में किये गये संवैधानिक संशोधन को महात्मा गांधी और लोगों के सपनों के भारत की ओर बढ़ने का एक कदम बताया

इस संदर्भ में इसी माह संविधान संशोधन के द्वारा गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा एवं रोजगार के विशेष अवसर उपब्ध कराए गए हैं राष्ट्रपति ने कहा कि भारत पहली बार घोर गरीबी को समाप्त करने की दहलीज पर है किफायती औषधी तथा चिकित्सा उपकरण अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच रहे हैं

आज हम अपने सतत प्रयासों से गरीबी का अंत करने के निर्णायक दौर में हैं देशव्यापी प्रयासों के बल पर गरीब परिवारों को आवास पीनी के पानी बिजली और टॉयलेट की सुविधा मिल रही है अपने भाषण में राष्ट्रपति ने कहा कि व्यक्तियों समूहों संस्थानों और समाज के ईमानदार योगदान को मान्यता मिलनी चाहिए और उसकी सराहना होनी चाहिए पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी प्रसिद्ध संगीतकार गायक भूपेन हजारिका और समाजसेवी नानाजी देशमूख को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जायेगा देशमुख और हजारिका को मरणोपरांत इस सम्मान के लिए चुना गया है गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तीन हस्तियों को देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों के योगदान का जिक्र करते हुए इन्हें भारत रत्न दिये जाने पर खुशी जतायी है उन्होंने प्रणब मुखर्जी से फोन पर बातचीत भी की राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी श्री मुखर्जी को बधाई दी है उधर सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के लिये चुने जाने पर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि देश के नागरिकों को मैंने अपने जीवन में जितना नहीं दिया उससे अधिक उन्होंने मुझे दिया है केंद्र सरकार ने हक्म देव नारायण यादव गोदावरी दत्त और राजक्मारी देवी समेत बिहार की छह विभूतियों को पदम अलंकरण से सम्मनित करने की घोषणा की है गृह मंत्रालय की जारी अधिसूचना के अनुसार मधुबनी के सांसद हुकुम देव नारायण यादव को पद्म भूषण सम्मान के लिये चयनित किया गया है इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य के लिये राजकुमारी देवी जनहित मामलों के लिये विधायक भागीरथी देवी मध्रबनी पेंटिंग के लिये गोदावरी दत्त सामाजिक कार्य के लिये ज्योति कुमार सिन्हा और अभिनय क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिये मनोज वाजपेयी को पद्म श्री से सम्मानित करने की घोषणा की गयी है विभिन्न केन्द्रीय और राज्य पुलिस बलों के आठ सौ पचपन पुलिसकर्मियों को गणतंत्र दिवस पर पुलिस पदकों के लिए चुना गया है विशिष्ठ सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से चौहत्तर और उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक से छह सौ बत्तीस पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जायेगा सेवा के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्मानित होने वालों में बिहार पुलिस के स्पेशल ब्रांच के एडीजी जितेन्द्र सिंह गंगवार और सीआईडी के डीएसपी राकेश कुमार ब्रह्मचारी का नाम शामिल है गणतंत्र दिवस पर उत्कृष्ट सेवा के लिये बिहार निवासी सेना के सोलह पदाधिकारियों और जवानों को शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा रोहतास जिले के शहीद कॉर्पोरल ज्योति प्रकाश को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया जायेगा वहीं भोजपुर जिले के ऋषि कुमार राय को शौर्य चक्र से सम्मानित किया जायेगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आकाश में बादल छाये हये हैं कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हयी है गया के शेरघाटी में बीस मिलीमीटर जबकि बोधगया त्रिवेणीगंज सिमरी बख्तियारपुर में दस मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गयी इधर मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आकाश में बादल छाये रहेंगे और कुछ स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है विभाग के अनुसार ओलावृष्टि के कारण गया में न्यूनतम तापमान में कमी आने से ठंड बढ़ेगी राज्य सरकार रबि मौसम में किसानों को चार सिंचाई के लिये अनुदान देगी यह अनुदान गेहूं के अलावा मक्का दलहन तेलहन मौसमी सब्जी और औषधिये पौधों की सिंचाई के लिये भी मिलेगा बक्सर में खेली जा रही उनहत्तरवीं मोइनुलहक फुटबॉल प्रतियोगिता में मधुबनी और पूर्व रेल जमालपूर ने अपने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है पूर्व रेल जमालपुर ने रोहतास को तीन शून्य से जबकि मधुबनी ने भागलपुर को टाई ब्रेकर के बाद चार तीन से पराजित कर दिया आगामी अट्ठाईस से इकतीस जनवरी तक महाराष्ट्र के रोहा में आयोजित होने वाली छियासठवीं राष्ट्रीय सीनियर पुरूष कबड्डी चैंपियनशिप के लिये बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेली गयी पांचवीं ऑल इंडिया सुनैना वर्मा क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब इंडियन आर्मी की टीम ने जीत लिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी समेत तीन लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किये जाने की घोषणा को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है इसके साथ ही पद्म अलंकरणों की घोषणा को भी प्रमुखता मिली है हिन्दुस्तान का शीर्षक है भारत रत्न प्रणब मुखर्जी अखबारों ने प्रणब मुखर्जी नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका से जुड़े अन्य तथ्यों को भी अंदर के पन्नों पर विस्तृत रूप से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण ने भी इसी खबर को प्रमुखता दी है और पद्म अलंकरण से सम्मानित बिहार की छह विभूतियों से जुड़ी खबरों को सचित्र प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस घोषणा को प्रमुखता दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि गोल्ड मेडल पाने वाली छात्राओं को सम्मानित करेगी सरकार

और अब अंत में मुख्य समाचार राष्ट्र आज सत्तरवां गणतंत्र दिवस मना रहा है